जयपुर डिस्कॉम के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के लम्बित और नए कनेक्शनों को जल्दी जारी करने के लिए आज से अभियान चलाया जाएगा

इससे निगम को राजस्व प्राप्त होने के साथ ही उपमोक्ताओं की कनेक्शन से सम्बन्धित शिकायतों का समाधान भी हो पायेगा

ब्रंदी में समर्थन मूल्य पर लहसुन की खरीद शुरू हो गई है जिला कलेक्टर महेश चंद्र शर्मा ने पुरानी क्र षि उपज मण्डी में पहंचकर कल लहसुन की खरीद शुरू करवाई इस दौरान कलेक्टर ने खरीद के लिये उचित व्यवस्थाओ के निर्देश दिए

इस अवसर पर ग्रामीणों ने क्षेत्र के आवारा पशुओं के लिए चारे और पानी की व्यवस्था के लिए राज्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया उच्च न्यायालय के जस्टिस विजय विश्नोई की एकलपीठ ने कल सांचौर के भीमसिंह एनकाउंटर मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है भीमसिंह की पत्नी की ओर से मामले की निष्पक्ष और सीबीआइ जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई थी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सांचौर में आंध्रप्रदेश पुलिस की ओर से भीमसिंह का एनकाउंटर किया गया था जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार नहीं था जोधपुर में पुलिस कमांड एंड कन्ट्रोल सेंटर के सीसीटीवी कैमरे की बदौलत कल शहर में दिनदहाड़े लूट की वारदात विफल हो गयी पुरी तिराहे पर दोपहर में तीन युवक मोटरसाइकिल सवार आभूषण व्यवसायी से बैग लूटने का प्रयास करने लगे पुलिस कमांड एंड कन्ट्रोल सेंटर में ई चालान बनाने के लिए एलईडी पर मॉनिटरिंग कर रहे कांस्टेबल ने युवकों की हरकत देख वायरलैस से सूचना भिजवाई और पुलिस मौके पर पहुंच गई

उदयपुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आठ पर पुलिस ने एक कार से तीन सौ ग्राम अफीम बरामद कर कार चालक को गिरफ्तार किया

यह अफीम मंगलवाड से गुजरात ले जाई जा रही थी सीकर में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है

आरोपी ने पांच साल पहले पानी भरने आई तीन वर्षीय बालिका से दुष्कर्म किया था

ये दौड़ स्थानीय पटेल मैदान से शुरू होगी और वापस आकर यहीं पर समाप्त होगी दौड़ में अलग अलग वर्ग के लिए व्यवस्था की गई है

महोत्सव में विश्वभर के दो हजार चयनित विद्यार्थी भाग लेंगे इनमें बसेडा के विद्यार्थी भी शामिल है